तीन हजार छियासी मरीज हो चुके हैं स्वस्थ

पूरबा हवा के कारण बन रही हैं अनुकूल स्थितियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है श्री मोदी भारतीय वाणिज्य संघ के पंचानवें सालाना सत्र को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे उन्होंने सरकार की जन केन्द्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके

आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है

पूरी दुनिया इससे लड़ रही है कोरोना वारियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है लेकिन इन सबके बीच हर देशवासो अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है इससे हमें देश का बहत बडा टर्निंग प्वाइंट भी बनाना है ये टर्निंग प्वाइंट क्या है आत्मनिर्मर भारत आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढावा दिया गया है

हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है वोकल फॉर लोकल नारे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा साउंड बाईट जीईएम ने पीपल को सरकार के साथ जुड़कर प्राफिट कमाने का एक अवसर दिया है आप ये जानते ही है जेम प्लेटफार्म पर छोटा हो या बड़ा व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ इन्यूट चलाता हो एमएसएमई हो या बड़ा व्यापारी हो सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसिस उपलब्ध करा सकते है और बडी ट्रांसपेरसी के साथ कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा साउंड बाईट किसानों और रूरल इक्नॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं उन्होंने एग्रीकल्चर इक्नामी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है सच्ची आजादी किसानों को मिली है अब भारत के किसानों को अपने प्रांडक्ट अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है एपीएमसी एक्ट एसिएंशल कमोडिटी एक्ट उसमें जो संरोधन किए गए हैं किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है इन फैसलों ने किसान को एक प्रोडयुसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है श्री मोदी ने कलस्टर आधारित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा उन्होंने उद्योग जगत से अनुरोध किया कि वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उददेश्य से उत्पादन क्षेत्र में और अधिक निवेश करे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में कोविड उन्नीस महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड उन्नीस रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यू वाले देशों में है मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़ कर उनचास दशमलव दो एक प्रतिशत हो गई है इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से मृत्यु दर शून्य दशमलव शून्य आठ प्रतिशत है जो बहुत कम है श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड उन्नीस की स्थिति को लेकर भारत की तुलना गलत संदर्भों में की जा रही है

इसके अनुसार देश के तिरासी चुने हुए जिलों में शुन्य दशमलव सात तीन प्रतिशत आबादी में कोरोना वायरस संक्रमण का कारण किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आना रहा है परिणाम में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट की नीति सफल रही है और इससे संक्रमण की दर कम करने और तेजी से इसका फैलाव रोकने में मदद मिली है लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार देश की काफी बड़ी आबादी महामारी के प्रति अब भी संवेदनशील बनी हुई है सर्वेक्षण के नतीजों का जिक्र करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गी बस्तियों में कोविड महामारी का प्रकोप अधिक देखा गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर तिरपन प्रतिशत से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ बावन मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तीन हजार छियासी हो गयी है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार छह सौ छियासी है संक्रमितों की कुल संख्या पांच हजार आठ सौ सात है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार इस महामारी से अब तक चौंतीस लोगों की मौत हुई है राज्य में इस महामारी से मृत्यु दर शून्य दशमलव पांच आठ प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक राज्य में जो भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं उसमें चार हजार दो सौ एक दूसरे राज्यों से लौटे लोगों के हैं इस तरह संक्रमितों की कुल संख्या का बहत्तर प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों का है इधर आज कोविड उन्नीस के एक सौ नौ नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक तेईस मामले सीवान से सामने आये हैं मधेप्रा से सोलह कैमूर से दस भोजपुर से नौ रोहतास से छह और सारण से पांच मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर और कटिहार से चार चार बेगूसराय किशनगंज शेखपुरा और समस्तीपुर से तीन तीन और पूर्णिया जमुई बक्सर औरंगाबाद गया और जहानाबाद से दो दो मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा नवादा लखीसराय दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मधुबनी अररिया और सहरसा से एक एक मामले की पुष्टि हुई है इधर देश में कोविड मरीजों की संख्या दो लाख छियासी हजार पांच सौ उनासी हो गई है एक लाख इकतालीस हजार उनतीस रोगी ठीक हो गये हैं वहीं मृतकों का आंकड़ा आठ हजार एक सौ दो पर पहुंच गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पूर्व की तरह जारी रहेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद में श्री कुमार ने कहा कि इन इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी होम डिलिवरी के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी और इन हिस्सों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी रहेगी जमुई अरवल और जहानाबाद जिलों के सदर अस्पताल में अब ट्रूनेट मशीन के माध्यम से कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की जा सकेगी इस मशीन से प्रतिदिन पचास नमूनों की जांच की जा सकेगी औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा दूसरे राज्यों से लौटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि श्रमिकों और उद्यमियों के बीच हुए संवाद के माध्यम से रोजगार सूजन की संभावनाओं की तलाश की गयी केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को दस दस हजार रूपये की छात्रवृत्ति दे रहा है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश निराधार है बिहार में मॉनसून अगले तीन से चार दिनों में दस्तक दे सकता है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार मॉनसून पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच चुका है विभाग ने कहा है कि ओडिशा में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्ररबा हवा बहने लगी है जिससे मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनी हैं इधर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की बारिश दर्ज की गयी है सुपौल के भीमनगर में सबसे अधिक नौ दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी पटना हाईकोर्ट ने मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास लदमा से एके सैंतालीस रायफल बरामद होने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है वहीं कुख्यात भोला सिंह की हत्या की साजिश से जुड़े वायरल ऑडियो के मामले में उन्हें न्यायालय ने जमानत दे दी नवादा के सांसद चंदन सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर जिले के कुलना गांव को गोद लिया है शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना अंतर्गत लहसुरका गांव में शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने पहुंची मुजफ्फरपुर पुलिस टीम के वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में हसनपुर गांव में राहगीरों से हथियार के बल पर रंगदारी मांग रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट के पास अपराधियों ने मोटरसाईकिल सवार दो युवकों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया नवादा जिले में शिक्षा विभाग बाला परियोजना के तहत तीस जून तक पचहत्तर स्कूलों को सुसज्जित करेगा इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों को विद्यालय भवन की दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से नई जानकारियों से अवगत कराना और उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ना है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दरभंगा प्रमंडल में अब तक सात हजार खाते खोले गये हैं प्रमंडल को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है

तीन हजार छियासी मरीज हो चुके हैं स्वस्थ

पूरबा हवा के कारण बन रही हैं अनुकूल स्थितियां